भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज फिर स्पष्ट किया कि इस साल राज्य में होने वाला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जायेगा श्री शाह ने कहा कि भाजपा और जदयू का संबंध अट्ट है वैशाली जिले के खरौना पोखर मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है विपक्षी दल भाजपा और जदयू के बीच संबंध को लेकर बेवजह भ्रम फैला रहे हैं साउंड बाईट कुछ लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं कि बिहार के अंदर अगला चुनाव कैसे होगा मैं आज सारी अफवाहों का निरसन करने आया हूं बिहार के अंदर अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा भाजपा और जदयू दोनों एक साथ लड़ेगा केन्द्रीय गृहमंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया श्री शाह ने कहा कि सरकार इस कानून के माध्यम से बहुत से पीड़ितों को सामाजिक न्याय देने की कोशिश कर रही है केन्द्रीय गृहमंत्री ने राजद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि वे सीएए का विरोध करते समय धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की चिंता क्यों भूल जाते हैं

आप इस कानून को पढ़े और राहुल बाबा आप को और लालू प्रसाद यादव को भी बताने आया हूं कि यह कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने को कोई प्रावधान हो नहीं है नागरिकता देने को प्रावधान है इससे किसी की नागरिकता जा नहीं सकती देशभर के विद्यार्थी शिक्षक और माता पिता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह चर्चा इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित होगी पिछले वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि परीक्षा परिणामों की चिंता किये बगैर विद्यार्थियों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान अर्जित करना चाहिए

अगर इतना से हम सोचे लें तो हमारा जो भार है बोझ है वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ जाएगा आकाशवाणी से बातचीत में छात्रा मुगाग्क्षी उपाध्याय ने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर वह बहुत उत्साहित हैं

प्रधानमंत्री द्वारा हम छात्र छात्राओं के एग्जाम फोबिया पर चर्चा को सुनना अत्यंत लाभदायक होगा उनके द्वारा दिए जाने वाले टिप्स निश्चित रूप से मेरे और मेरे जैसे लाखों छात्र छात्राओं के लिए बेहद उपयोगी रहेंगे समस्तीपुर जिले के हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन और बरैपुरा स्टेशन के बीच सकरपुरा गांव स्थित एक रेलवे गुमटी पर एक पैंसेजर ट्रेन की चपेट में आने से बैलगाड़ी पर सवार पांच लोगों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया उधर आरा स्टेशन के पास रामानंद तिवारी हॉल्ट के पास ट्रेन की चपेट में आकर दो लोगों की मौत हो गयी दोनों मृतक बिहियां प्रखंड के मीराचक के रहने वाले थे केन्द्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर एन पी आर के लिए किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी और न ही बायोमैट्रिक लिया जाएगा ग्रहमंत्रालय ने कहा है कि एन पी आर में केवल प्रश्नावली होगी जिसका प्रारूप शीघ्र ही तैयार कर लिया जाएगा

एनपीआर देश के नागरिकों का एक सामान्य रजिस्टर है इसकी प्रक्रिया मकानों की सूची बनाने के साथ ही असम को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में इस वर्ष अप्रैल और सितम्बर में की जाएगी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रक्रिया पहले ही पूरी होने के कारण असम को इससे बाहर रखा गया है केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने एनपीआर के लिए तीन हजार नौ सौ इकतालीस करोड़ रुपए मंजूर किए हैं

चारा घोटाले से जुड़े विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता और जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद आज रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए चारा घोटाले से जुड़े सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से एक सौ उनतालीस करोड़ रूपये से अधिक की अवैध निकासी के संबंध में लालू प्रसाद की पेशी हुई लालू प्रसाद के वकील ने बताया कि इस मामले में भारतीय दंड विधान की धारा तीन सौ तेरह के तहत लालू प्रसाद ने अदालत के सवालों के जवाब कोर्ट में कलमबंद कराया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के कलाकारों द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के दूसरे संस्करण के बारे में लोगों को जागरूक किया जायेगा ब्यूरो के अपर महानिदेशक एसके मालवीय ने कहा कि इसके लिये छत्तीस जिलों के दो सौ सताईस प्रखंडों में आरओबी के कलाकार गीत नाटक मैजिक शो जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करेंगे पछुआ हवा का प्रभाव कम होने और राज्य के अधिकतर स्थानों पर धूप खिलने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिली है प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गयी है वहीं आज कोहरे का प्रभाव भी कम दिखा भागलपुर जिले का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं गया का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव पांच पूर्णिया का नौ दशमलव छह छपरा का नौ दशमलव तीन और पटना का न्यूनतम तापमान दस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग पटना ने पूर्वानुमान में बताया है कि पटना गया भागलपुर और पूर्णिया के साथ साथ राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में बूंदाबांदी होने की संभावना है पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आज से शुरू अंतर्राष्ट्रीय महिला टी ट्वेंटी क्रिकेट चैंपियनशिप के उद्घाटन मुकाबले में बांग्लादेश ने इंडिया ए को पांच विकेट से पराजित किया जबकि दूसरे मुकाबले में इंडिया बी ने थाईलैंड को पंचानवे रनों से हरा दिया राज्य में पहली बार आयोजित हो रही इस अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट चैंपियनशिप में इंडिया ए इंडिया बी थाईलैंड और बांग्लादेश की टीमें भाग ले रही हैं कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत इस्लाम चौक के पास दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में हुई गोलीबारी के दौरान दो लोगों की मौत हो गयी जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया दरभंगा जिले में पुलिस ने जाले थाना अंतर्गत लतराहा गांव से दो सौ अस्सी कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं अररिया जिले के बैरगाछी आउट पोस्ट के भंगिया पुल के पास पुलिस ने एक पिकअप वाहन से चार सौ पचास लीटर विदेशी शराब बरामद की बगहा स्थित वाल्मिकी व्याघ्र अभयारण्य में बाघों की गिनती के लिये ट्रैक कैमरे लगाये जा रहे हैं गणना में सहायक संस्था डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया के मैनेजर कमलेश मौर्य ने बताया कि अभयारण्य के प्रमंडल एक के सभी जंगलों में ट्रैक कैमरे लगाये जा रहे हैं बेगूसराय में तेल और प्राकृतिक गैस संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये आज से संरक्षण क्षमता महोत्सव की शुरूआत हुई यह कार्यक्रम पंद्रह फरवरी तक चलेगा